वे आज शिमला में वैक्सपो इंडिया द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी राज्य में नई शिक्षा नीति को प्रभावशाली तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य ज्ञान कौशल मूल्य और प्रवृति का विकास है इसके अलावा ये नीति देश की बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को भी पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी जयराम ठाकर ने कहा कि प्रदेश की साक्षरता दर केरल के बाद देशभर में दूसरे स्थान पर है और एक प्रतिष्ठित पत्रिका द्वारा हिमाचल को शिक्षा क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य आंका गया है कृषि मंत्री केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि बिलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था बनी रहेगी उन्होंने कहा कि किसानों को इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि इसे हटाया जा रहा है नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने उम्मीद जताई कि किसान जल्द ही अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे कृषि मंत्री ने किसान संगठनों को आश्वासन दिया है कि केन्द्र सरकार किसानों की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार हैं

वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज हमीरपुर में कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर हुई बैठक में बताया कि सरकार संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए समी आवश्यक कदम उठा रही है

वन मंत्री ने जिला प्रशासन व विभागों से पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया ताकि संक्रमण की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटो जा सके कोरोना जांच प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल में बाहर से आने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट नहीं होंगे एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलने का मुख्य कारण शादी सहित अन्य सामाजिक समारोहों में बरती गई ढील है

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ऊना ज़िले के कुटलैहड़ क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र के अनेक रमणीक स्थलों में वीकेंड टूरिज्म को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है भाजपा भाजपा कोरोना महामारी को लेकर जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है पार्टी के शिमला जिला अध्यक्ष रवि मेहता ने कहा कि ये अभियान सरकार और संगठन के तालमेल से चलाया जाएगा उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने के लिए सरकार धरातल पर बेहतरीन कार्य कर रही है जबकि कांग्रेस नेता सरकार के खिलाफ अनुचित बयानबाजी कर रहे हैं बिंदल नाहन से भाजपा विधायक राजीव बिंदल ने कहा है कि क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान के लिए योजनाओं पर कार्य लगातार जारी है

इसके तहत क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति और अधिक सुद्रढ़ होगी जागरूकता किन्नौर जिले में लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए एक जागरूकता वाहन को उपायुक्त हेमराज बैरवा ने हरी झण्डी दिखाई उन्होंने कहा कि ये वाहन गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगा